गृहमंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी है मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से स्ट्रॉगरुम तथा मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने को कहा गया है लोकसभा और चार राज्यों आंध्रप्रदेश ओड़िसा सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतगणना सुबह आठ बजे शुरु होगी और दोपहर तक रुझान मिलने की संभावना है परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है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 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से पांच मतदान केंद्रों का औचक चयन कर वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा इससे पहले केवल एक मतदान केंद्र की ईवीएम मतों और वीवीपैट का मिलान किया जाता था उच्चतम न्यायालय ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा से औचक पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम के मतों का वीवीपैट से मिलान किया जाए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 इससे पहले न्यायालय ने पचास प्रतिशत मतों के मिलान की याचिका खारिज की थी सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं

मतगणना केंद्रों में किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी अरुणाचल प्रदेश मे लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी हो चूकी हैं अरुणाचल प्रदेश की साथ विधानसभा सीटों में से बीजेपी तीन सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर च्रकी है शेष सत्तावन सीटों के लिए एक सौ इक्यासी उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से ग्यारह महिला उम्मीदवार हैं

लोकसभा चुनाव में दो हजार उन्नीस में पहली बार सैन्यकर्मी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रोनिक डाक मत का उपयोग किया गया है निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में कहा निर्वाचन उपायुक्त ने देर से परिणाम आने की आशंकाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि मतदाता पुष्टि पर्ची से मिलान करने में लगभग पांच घंटे का समय लगेगा उन्होंने कहा कि सूचना तकनिकी के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने दो करोड़ नये मतदाताओं को शामिल किया है उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने सभी नागरिकों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक टवीट संदेश में नायडू ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के महत्व को बताएं उन्होंने कहा कि जैव विविधता को बनाए रखना पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है

रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि सतह पर अपने लक्ष्य को भेदने से पहले मिसाइल ने निर्धारित पथ का अनुसरण किया यह ढाई टन का हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है

उपग्रह से भेजे गए आकड़ों का इस्तेमाल कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करेगा पृथ्वी पर मौसम और सभी स्थितियों की जानकारी हासिल करने के लिए इससे भारत की क्षमता बढ़ेगी इसमें सिंथेटिक एपर्चर राडार लगा है जो किसी भी स्थिति में चित्र लेने में सक्षम है यह भारत के सशस्त्र बलों को अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता प्रदान करेगा यह देश की निगरानी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा इससे सीमा पार गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की रक्षा क्षमता भी बढ़ेगी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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक दशमलव दो मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया